हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की श्रष्टाचार मे एक मामले में एक करोड़ चौरानवे लाख रूपये की कीमत वाली अचल सम्पति प्रर्वतन निदेशालय ने जब्त की आज हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब व चंडीगढ़ में चूनाव प्रचार थमा मतदान परसो होगा आज पूरी दुनिया में विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जा रहा है जम्मू कशमीर के प्लवामा में सुरक्षा बलों और आंतकियों की मूठभेड़ में कल शहीद हये बहलवा गांव के संदीप का प्रे सैनिक सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया

इस बार लड़कियों ने बाज़ी मारी है

प्रदेश के चार परीक्षार्थियों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त् किया है जिसमें झज्जर के हिमांशु पानीपत के संजू कैथल की ईशा व जीदं की शालिनी शामिल है परीक्षा का परिणाम आज बोर्ड की वेबसाइड पर अपलोड कर दिया गया है

एक श्रष्टाचार के केस के संदर्भ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की एक करोड़ चौरानवे लाख रूपये की कीमत की दिल्ली स्थित अचल सम्पति को प्रर्वतन निर्देशालय ने अस्थायी तौर जब्त किया है

एक सरकारी विज्ञाप्ति मे बताया गया कि सीबीआई दवारा उनके एक अन्य के खिलाफ एक पर्चा दर्ज किया गया था जिसमें ज्ञात स्त्रोतों से आय से अधिक सम्पति होने की बात थी सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला अभय चौटाला और अजय चौटाला के विरूद्व आरोप पत्र श्र्षष्ट्र्चार की रोकथाम एक्ट के तहत दाखिल किया है

सीबीआई जांच से ये भी पता चलता कि अभय चौटाला और अजय चौटाला ने भी आय के स्त्रोतों से अधिक संपति अर्जित की है

अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं के साथ सम्पर्क कर सकेंगे और किसी भी प्रकार की चुनाव रैली झलसा या रोड शो करने की पूर्ण मनाही रहेगी

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ एस करूणा राजू ने बताया कि प्रदेश में शांतमयी ांग से मतदान करवाने के लिये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये है उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार च्नाव प्रचार समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों के हक में प्रचार करने आये राजनीतिक नेताओं को विधानसभा क्षेत्र से बाहर चले जाने के लिये कह दिया गया है उन्होंने कहा कि च्नाव और प्लिस प्रशासन को हिदायत की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाये कि लोकसभा क्षेत्र के अंदर सिर्फ पंजीकृत मतदाता ही मौजूद हो इसके लिये पुलिस की ओर से सामुदायिक केन्द्रों धर्मशालाओं और होटलों की विशेष जांच की जा रही है

फरीदाबद संसदीय क्षेत्र के असोती पोलिंग स्टेशन मे परसों प्नमतदान कराया जायेगा इस पोलिंग स्टेशन में दर्ज उन मतदाताओं के लिये इस दिन छुट्टी होगी जो सरकारी विभागों बोर्ड शैक्षिक संस्थाओं मे कार्यरत है ताकि वो वोट डाल सकें

इस दिवस को मनाने का उददेश्य विश्व में डिजीटल असंतुलन को कम करवा है इसके तहत इंटरनेट और दूसरी सूचना एवं संचार के तकनीकों के प्रति लोगों की समझ बढ़ाने का प्रयास किया जाना है कि ताकि देशों में डिजीटल असमानता कम हो इस वर्ष का मुख्य विषय दूर संचार और सूचना के क्षेत्र में मानकीकरण के अंतर को कम करना है

आज की तारीख इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि इसी के लक्ष्य दिन पहले अंतराष्ट्रीय टेलीग्राफी कन्वेशन में दस्तखत किये गये थे और अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की नींव पड़ी थी जम्मू कश्मीर के प्लवामा में स्रक्षा बलों और आंतकियों के साथ म्ठभेड़ में शहीद हये रोहतक के गावं बहलावा के जवान संदीप का अंतिम संस्कार आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव मे उनके ताऊ सुमेर सिंह की याद में शहीदी स्थल पर कर दिया गया

शहीद की अंतिम यात्रा में आस पास के गांव व शहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे हरियाणा सरकार से सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने और सेना के अधिकारियों ने संदीप को श्रदवास्मन अर्पित किया गममीन माहौल में शहीद को अंतिम बिदाई दी गई संदीप के बड़े भाई ने उनके पार्थिव देह को मखाग्नि दी वे अपने पीछे माता पिता और पत्नी छोड गये है काबिले गौर है कि कल प्लवामा जिले के डालीपुरा गांव में आंतकियो के एक घर में छिपे होने की सूचना पर राष्ट्रीय राईफल्स सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के स्पैशल आप्रेशन ग्रुप ने तड़के तलाशी अभियान श्रू किया था आस पास के घरों से जब लोगों को निकाला जा रहा था तभी आंतकियों ने गोलीबारी श्रू कर दी जिस दौरान संदीप शहीद हो गये

पलवल के नागरिक अस्पताल में आज वर्ल्ड हाईपर टेंशन डे रक्तचात दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया अस्पताल आने वाले लोगों के वल्ड प्ररेशर की जांच की गई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अजय माम ने बताया कि रक्तचाप के बारे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और युवाओं को भी ब्ल्ड प्ररेशर जांच जरूर करवाना चाहिए उधर अम्बाला में आज कोर्ट परिसर में वकीलों स्टाफ सदस्यों जजो के लिये एक विशेष कैंप लगाकर उनके रक्तचाप की जाचं की गई सीएमओ डा संतराम ने बताया कि मौजूदा समय मे हाईपर टेंशन से बचने के लिये जंक फूड खाने से बचना चाहिए